प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार सृजन के अभाव के बारे में विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है स्वराज्य पत्रिका को दिये साक्षात्कार में श्री मोदी ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो केंद्र किस प्रकार बेरोजगारी पैदा कर रहा है

प्रधानमंत्री ने पूछा कि अगर राज्य रोजगार का अच्छे अवसर प्रदान कर रहे हैं तो यह कैसे संभव है कि देश में रोजगार नहीं बढ़ रहे श्री मोदी ने कहा कि मुद्दा रोजगार के आंकड़ों का अभाव है न कि रोजगार

उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक मकान बनाये गय हैं और सड़क निर्माण की गति प्रति माह दोगुनी हो गई है प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड सहित छह जिलों में रक्षा उत्पादन इकाईयों को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए आज उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरो स्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी

उन्होने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिए अलीगढ़ आगरा चित्रकूट कानपुर झांसी और लखनऊ जिलों में तीन हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जायेगी उन्होने बताया कि नीति को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औघोगिक विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है

उन्होंने बताया इसी तरह उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए विदेशो से लाये जाने वाले संयंत्रो और उपकरणों को लाने और उत्पादित वस्तु के निर्यात के लिए उसे एयरपोर्ट अथवा बन्दरगाह तक ले जाने के व्यय में भी सरकार छूट देगी तकनीक के स्थानान्तरण पेटेन्ट कराने गुणवत्ता प्रमाणन ट्रेड मार्क पंजीकरण जमीनो की रजिस्ट्री में होने वाले व्यय में भी सरकार छूट और रियायते देगी उन्होने बताया कि नीति के तहत निवेश के लिए मुख्य फोकस बुन्देलखण्ड रहेगा लेकिन पूर्वांचल मध्यांचल और पश्चिमाचंल में भी निवेश करने वालो को रियायतें और छूट प्रदान की जायेगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य सितम्बर तक पूरा हो जायेगा और अक्टूबर से निवेशकर्ता अपनी इकाईयों को लगाने के लिए जमीन की खरीद कर सकते है मंत्रिमण्डल की बैठक में छह अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया इनमें क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क बढ़ाने के लिए अलीगढ़ आजमगढ़ श्रावस्ती और मुरादाबाद में मौजूद हवाई अड्डों को विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औघोगिक प्राधिकरण के प्रमुख अवनीश अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए बारह हजार करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान है उन्होने बताया कि नब्बे प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और ग्यारह हजार आठ सौ खम्भे लगाकर जमीन की पहचान भी कर दी गई है कानपुर से दिल्ली के लिए वायुसेवा की आज शुरूआत हुई केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग और नागरिक उड़डयन मंत्री सुरेश प्रभु और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विमान सवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के मामले में देश में सबसे समृद्ध राज्य होगा उन्होंने कहा कि कानपुर को केवल दिल्लो ही नहीं बल्कि मुंबई बैंगलुरू तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए साफ्टवेयर चाणक्य और विश्वकर्मा को विभागीय कार्यो को गुणवत्तापरक तरीके से सम्पन्न करने के लिए जारी किया श्री मौर्या ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और विभागीय कामकाज की समीक्षा करने के बाद कहा कि अब लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यो में ई गर्वनेंस और ई आफिस प्रणाली लागू कर दी गई है

उन्होंने कहा कि अट्ठाईस जून से जारी लोक निर्माण विभाग के सभी मार्गो के निरीक्षण अभियान में भी तकनीक की मदद ली जा रही है तथा कार्यो का विवरण ऑन लाइन भी ऐप के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है श्री मौर्य ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़को के निर्माण के प्रति प्रतिबद्व है उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रत्येक मण्डल में मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को तैनात किया जायेगा उन्हाने कहा कि जिलास्तर पर सड़को की एक डायरेक्टरी तैयार की जायेगी जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया जायेगा कि कौन सी सड़क किस विभाग के अन्तर्गत आती है उन्होने कहा कि इससे सड़को के रखरखाव में मदद मिलेगी

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को नीति आयोग की पिछली चार साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आयोग ने पोषण अभियान के लिए तकनीकी सहायता इकाई गठित की है और हाल में जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया है उन्होंने कहा कि अटल नवसृजन प्रयोगशालाओं से नई खोजों को बढ़ावा मिला है

इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष आठ से नौ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में देश का कर आधार बढ़ा है जो एक शभ संकेत है प्रदेश में चल रही लेखपालों की हड़ताल से हो रही परेशानियों के मद्देनजर सरकार ने राजस्व लेखपालों की हड़ताल पर आगामी छह महोनों के लिये प्रतिबंध लगाते हये हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई कराने के निर्देश दिये हैं अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि निर्गत आदेशों का अनूपालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत हड़ताल पर जाने वाले लेखपालों के विरुद्ध बगैर वारंट निर्गत कराये गिरफ्तारी निलम्बन एवं छह माह की जेल तथा आर्थिक दण्ड की कार्रवाई भी करायी जा सकती है